निजी क्षेत्र की कंपनी देवी इनर्जीज प्राइवेड लिमिटेड द्वारा फुड़ुंग नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है इसे चार वर्ष के रिकार्ड समय में पूरा किया गया है इस परियोजना पर चार सौ तीस करोड़ रुपये की लागत आई है इस परियोजना से प्राप्त विद्युत का इस्तेमाल वेस्ट और ईस्ट कामेंग जिलों के अलावा इस क्षेत्र में मौजूद रक्षा संस्थानो की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश सरकार का इस परियोजना से उत्पन्न बिजली पर पूरा अधिकार होगा और उत्पादन के दूसरे वर्ष से राज्य सरकार को दस प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी

राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में सांसद तापिर गाव और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग शामिल हुए इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान करने के अलावा मरीजो को राहत और सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में जाएंगे पार्टी के सांसद विधायक और अन्य प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागो में आयोजित कार्यक्रम में लोगो को स्वच्छता अभियान जल बचाव और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने से जुड़ी तीन प्रतिज्ञाए दिला रहे है

इस अवसर पर उन्होंने बैंक से उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य प्रणाली में बदलाव लाने को कहा बैंको की खराब वित्तीय स्थिति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नही करेगी उन्होंने बैंक से केश लेस लेन देन को बढ़ाने ग्रामीण अंचलो में प्रभावी वित्तीय सेवा प्रदान करने किसानो और व्यवसायियो को आकर्षित करने का सुझाव दिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने विवेकानंद विद्यालय शेर गांव का दौरा किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों की सराहना की मुख्यमंत्री ने लाहबाउ में स्थित लोबद्रा राजकीय प्राथमिक विद्यालय की नई इमारत का भी उद्घाटन किया

मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरे से निपटने और स्वच्छता के मापदंडों को पूरी तरह से लागू करने पर जोर देते हुए जिला उपायुक्तो से जिले स्तर पर एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया जो स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और निरीक्षण करेगी उन्होंने सत्ताइस अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरुकता गतिविधियों के साथ साथ सर्किल और गावों के स्तर तक प्लास्टिक कचरा जमा करने और उसके निपटान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए इससे पहले कल मुख्य सचिव ने सचिवालय के विभिन्न विभागो का दौरा किया और उनके काम काज की समीक्षा की उन्होंने सचिवालय को पेपरलेस बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलोजी के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधिओं ने आज अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है ऑल अपर सुबनसिरी जिला छात्र संघ ने जिलें के सभी निजी विद्यालयो की जांच करने और मापदंडो पर खरा न उतरने वाले विद्यालयो के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है

महाराष्ट्र की टीम ने हिमाचल प्रदेश को एक शुन्य से पराजित कर दिया ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में स्टेडियम और अन्य फुटबॉल ग्राउंड में जल जमाव और खिलाड़ियो के रहने की व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है

इस ट्रर्नामेंट में राज्य की पांच टीमें भाग ले रही है इस छह दिवसीय प्रतियोगिता में सभी टीमें चार चार मैंच खेलेंगी और अंको के आधार पर सेमीफाईनल में प्रवेश करेंगी पापुम पारे जिले के बरुम ग्राउंड में आयोजित महिला क्रिकेट लीग का उद्घाटन करते हुए राज्य के खेल मंत्री मामा नातूंग ने खिलाड़ियो से अपनी प्ररी क्षमता के साथ प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस अवसर का लाभ उठाए ताकि बविष्य में अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सके श्री नातुंग ने कहा हर बड़ा खिलाड़ी किसी छोटे से खेल के मैदान से ही अपनी शुरुआत करता है